पांच महिलाओं सहित तीन नये चेहरों को दिया टिकट

अन्तर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह को भी मिला टिकट

नाम वापसी का कल अंतिम दिन

स्वस्थ होने की दर बढ़कर तिरानवे दशमलव पांच नौ प्रतिशत हुई भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए अपने सत्ताईस उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है पार्टी ने पांच महिलाओं सहित तीन नये चेहरों को भी टिकट दिया है जिसमें पूर्व लोकसभा सांसद हरि मांझी बोधगया सीट से हाल ही में पार्टी में शामिल हुईं अन्तर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह जमुई से कटोरिया से निक्की हेम्ब्रम शाहपुर से मुन्नी देवी भभुआ से रिंकी रानी पांडेय और वारसलीगंज से अरूणा देवी शामिल हैं राज्य सरकार में मंत्री प्रेम कुमार को गया टाउन से और बाढ़ सीट से मौजूदा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को टिकट दिया गया है प्रमुख उम्मीदवारों में राज्य सरकार के मंत्री रामनारायण मंडल बांका क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं जबकि दो अन्य कैबिनेट मंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से और ब्रजकिशोर बिंद चैनपुर से चूनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने विधानसभा क्षेत्र के अपने हिस्से की सीटों की सूची जारी कर दी है दोनों दलों के बीच समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एक सौ इक्कीस और जनता दल यूनाइटेड एक सौ बाईस सीटों पर चुनाव लड़ेगा जदयू ने अपने सहयोगी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा हम को सात सीटें दी हैं हम के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इमामगंज विधानसभा से चूनाव लडेंगे विधानसभा चूनाव के पहले चरण के लिए कल नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है सोलह जिलों की इकहत्तर विधानसभा सीटों पर अट्ठाईस अक्तूबर को मतदान होगा इधर एक अन्य घटनाक्रम में लोजपा में शामिल हुये भाजपा के वरिष्ठ नेता रामेश्वर चौरसिया ने सासाराम से चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है श्री चौरसिया ने कहा कि वे लोजपा के चुनाव चिन्ह को वापस कर देंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत के बाद श्री चौरसिया ने यह फैसला किया है प्रथम चरण में अट्ठाईस अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए कल एक सौ ग्यारह प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है इस बार राज्य के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने जहानाबाद से जदयू उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया है

इसके साथ ही गया में तेईस पटना में बारह बांका और रोहतास में ग्यारह ग्यारह भोजपुर और औरंगाबाद में नौ नौ अरवल और जहानाबाद में सात सात बक्सर और कैमूर में पांच पांच भागलपुर और जमुई में तीन तीन शेखपुरा नवादा और मुंगेर में दो दो प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है पहले चरण के लिए अब तक एक सौ चौवन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किये हैं जन अधिकार पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में तैंतीस सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी है पार्टी अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बताया कि प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन पीडीए ने पहले चरण के लिए अपने घटक दलों के बीच सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है इधर महागठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस ने पहले चरण के लिए इक्कीस सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिये हैं पार्टी ने दो जिलाध्यक्षों समेत चार नेता पुत्रों को भी टिकट दिया है इसके अतिरिक्त पूर्व विधायक स्वर्गीय आदित्य सिंह की पुत्रवध् नीतू कुमारी को हिसुआ से टिकट मिला है पूर्व विधायक गजानंद शाही को बरबीघा से टिकट दिया गया है मौजूदा विधायक आनंद शंकर फिर से औरंगाबाद सीट से जबकि बंटी चौधरी सिकंदरा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने भी पहले चरण के सभी बयालीस उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच की गयी जिसमें एक सौ छह प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाये गये पटना स्नातक क्षेत्र से चौदह दरभंगा स्नातक क्षेत्र से सत्रह तिरहत स्नातक क्षेत्र से बारह और कोसी स्नातक क्षेत्र से सत्रह उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाये गये हैं वहीं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आठ दरभंगा शिक्षक क्षेत्र से सोलह तिरहुत शिक्षक क्षेत्र से दस और सारण शिक्षक क्षेत्र से बारह नामांकन पत्र सही पाये गये हैं प्रत्याशी कल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं विधान परिषद की आठ सीटों के लिए बाईस अक्टूबर को वोट डाले जायेंगे जबकि बारह नवम्बर को मतगणना होगी निर्वाचन आयोग ने प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करने का निर्देश प्रत्याशियों को दिया है आयोग के अनुसार वीडियो वैन से सामग्री प्रसारित करने के लिए अनुमति लेनी होगी इस वाहन पर अगर किसी चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम फोटो और वीडियो का प्रसारण होगा तो उसका खर्च उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जायेगा राज्य में इस बार विधानसभा चुनाव के साथ विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक सीटों तथा लोकसभा चुनाव की एक सीट के लिये एक साथ हो रहे हैं इस चुनाव के दौरान मतदाताओं की अंगूली में अमिट स्याही लगाने की व्यवस्था चुनाव आयोग ने नये तरीके से की है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि विधान परिषद के स्नातक क्षेत्र के मतदाताओं के दाहिने हाथ की तर्जनी पर स्याही लगायी जायेगी जबकि विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के दाहिने हाथ की बीच वाली अंगुली में स्याही लगायी जायेगी उन्होंने कहा कि वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव के दौरान मतदाताओं के बाये हाथ की पहली अंगुली पर स्याही लगायी जायेगी रोहतास जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष विधानसभा चूनाव कराने को लेकर बारह कंपनी अर्धसैनिक बलों की बारह कम्पनियों को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया गया है पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह ने बताया कि जिले में लगभग ग्यारह हजार असामाजिक तत्वों के विरूद्व निरोधात्मक तथा दो सौ अठहत्तर लोगों को जिला बदर करने की कार्रवाई की जा रही है पटना जिले में चूनाव कार्य के प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होने वाले चौबीस कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जिलाधिकारी कुमार रवि ने दिया है जिलाधिकारी ने कहा है कि कार्मिक कोषांग की ओर से शुरू किये गये प्रशिक्षण में ये सभी कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये हैं मुजफ्फरपुर जिले में विधान सभा चुनाव को लेकर चलाये जा रहे जांच अभियान के दौरान पुलिस ने अब तक सोलह लाख चौवालीस हजार रुपये नकद के साथ भारी मात्रा में शराब और कारतूस जब्त किये हैं जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने पांच किलो का आईईडी बरामद किया है सीआरपीएफ के समादेष्टा मुकेश कुमार ने बताया कि हांसीकोल राजा डूंगर दुबेडीह और उसके आसपास के जंगली इलाके में सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने विस्फोटक लगा रखा था बरामद विस्फोटक को बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया प्रदेश में कोविड उन्नीस के एक हजार दो सौ इकसठ नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख नब्बे हजार एक सौ तेईस हो गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक तीन सौ बारह मरीज पटना जिले में मिले हैं अररिया से इक्यावन पूर्णिया से पचास पश्चिम चंपारण से पैंतालीस मुजफ्फरपुर और रोहतास से चौवालीस चौवालीस मधेपुरा से तैंतालीस गया और कटिहार से अड़तीस अड़तीस पूर्वी चंपारण तथा सहरसा से पैंतीस पैंतीस लोगों के संक्रमण की चपेट में आने की पुष्टि हुई है वहीं अब तक एक लाख सतहत्तर हजार नौ सौ उनतीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर तिरानवे दशमल पांच नौ प्रतिशत हो गई है इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक नौ सौ पच्चीस लोगों की मौत हो चुकी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड उन्नीस महामारी के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया है उन्होंने कहा कि रोकथाम और उपचार के उपायों पर आधारित यह प्रोटोकॉल न सिर्फ कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए बल्कि आध्रनिक युग की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में पारंपारिक ज्ञान की प्रासंगिकता बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है श्री हर्षवर्धन ने आयुर्वेद की महत्ता पर कहा कि यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम ज्ञान है

अथर्ववेद का इसको ऑब्शूट माना जा सकता है अगर यह कहा जाए तो ये अतिशोक्ति भी नहीं है आयुर्वेद के बारे में यह केवल हमारा है इसलिए हम इसको बड़ा मानते हैं ऐसा नहीं है ये वास्तव में भारत का दुनिया का सबसे प्राचीनतम ज्ञान है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि भले ही कोविड संक्रमण के मामलों में कमी आयी है लेकिन आने वाले त्योहारों के मद्देनजर लोगों को भीड़ भाड़ से बचने का प्रयास करना चाहिए

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि कोरोना मरीजों की संख्या घटने के कारण यह निर्णय लिया गया है सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस महीने की पन्द्रह तारीख से देश में सिनेमा हॉल को शुरू करने से संबंधित मानक संचालन प्रकिया जारी कर दी है

सुरक्षित दूरीमास्क और सैनिटाइजर इसका उपयोग बाध्यकारी है कोरोना के संदर्भ मेंजागृति निर्माण करने वाली फिल्म एक मिनट की या आनाउंसमेंट या तो शो के पहले भी औरमध्यांतर के पहले और मध्यांतर के बाद ये दिखाना कम्पलसरी है दो शोज में स्टैगर्डटाइम टेबल चाहिए कि पूरा हॉल सैनिटाइज हो के दूसरे लोग आकर बैठेंगे और आने जाने वालोंका ज्यादा संपर्क नहीं रहेगा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए भागलपुर जिले के राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अस्सी की मरम्मत के लिए दस से सत्रह अक्टूबर तक भागलपुर कहलगांव के बीच भारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि भारी वाहनों की आवाजाही के लिए अलग मार्ग की व्यवस्था की गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधान सभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रमुख घटक दल भाजपा और जदयू के बीच टिकट बंटवारे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने भाजपा की ओर से जारी बयान पर सुर्खी दी है बिहार में जदयू से अटूट गठबंधन दैनिक जागरण लिखता है कोई भ्रम नहीं नीतीश ही होंगे राजग का चेहरा दैनिक भास्कर ने कोरोन महामारी को बड़ी खबर बनाते हुये लिखा है डब्ल्यूएचओ के पैमाने पर भारत में कोरोना पीक आ चुका अब दूसरी लहर रोकने को एहतियात जरूरी प्रभात खबर ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले पर सुर्खी बनाते हुये लिखा है रिया और शौविक की न्यायिक हिरासत बीस अक्टूबर तक बढ़ी आज अखबार ने टिकट बंटवारे पर बड़ी खबर बनाते हुये लिखा है टिकट को लेकर दिल्ली से पटना तक बवाल

पांच महिलाओं सहित तीन नये चेहरों को दिया टिकट

अन्तर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह को भी मिला टिकट

नाम वापसी का कल अंतिम दिन

स्वस्थ होने की दर बढ़कर तिरानवे दशमलव पांच नौ प्रतिशत हुई